आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह कानून राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ लागू हो गया है

कांग्रेस पार्टी की ओर से आज देशव्यापी भारत बचाओ रैली आयोजित की जायेगी केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में की जा रही इस रैली के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के कई पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भाग लेंगे सचिन पायलट ने रैली के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बने कंट्रोल रुम में रैली को लेकर समीक्षा की कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने कहा है कि सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें प्रगति के बेहतर अवसर देने के लिए कई तकनीकी पाठयकम चला रही है अलवर जिले के बानसूर में महाराजा सूरजमल जाट छात्रावास के लोकार्पण समारोह में उन्होंने युवाओं से कहा कि वर्तमान युग तकनीकी युग है इसलिए वे तकनीकी कौशल में निपुणता हासिल कर समय के साथ चलें उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन कर समाज उत्थान एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और विभिन्न समाजों से जुड़े गणमान्य लोग मौजूद रहे राज्य सरकार ने राज्यस्तरीय निर्यात पुरस्कारों की घोषणा कर दी है

जयपुर स्थित आवासन मंडल की राज आंगन योजना को अन्तरराष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर विकसित किया जाएगा

कल आयोजित बैठक में उन्होंने बताया कि निजी सहभागिता के आधार पर राज आंगन क्लब को हल्दीघाटी रोड से जोडने के लिए सम्पर्क सड़क बनाई जाएगी राज आंगन में नई सुविधाओं के विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया की सेवाएं ली जाएंगी